एनसीसी कैडेट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवा भारत आतंकवाद का मुकाबला करेगा नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही थी लेकिन इसके समाधान का प्रयास नहीं किया गया उन्होंने कहा कि कश्मीर देश का आभूषण है और इसे समस्या मुक्त करना एक जिम्मेदारी थी जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पूरा किया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि परिवर्तन लाने में देरी न करें प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे हैं मासूम हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मान्तरण किया गया है श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है लेकिन भारतीय सेना उसे दस दिन में परास्त कर सकती है सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्र पोषित बाह्य सहायतित और राज्य पोषित सभी योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की अनुमति दी जाए

लेकिन राज्य सरकार की वित्त पोषित योजनाओं में ऐसी अनुमति नहीं दी गई है उन्होंने कहा किएक ही राज्य में मानकों की भिन्नता औचित्यपूर्ण नहीं है बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के लिए राज्य पुलिस आध्रनिकीकरण राशि को बढ़ाने दाल पर दी जाने वाली सब्सिडी और पर्वतीय क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता के विस्तार में सहायता उपलब्ध कराने जाने का भी अनुरोध किया

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है यहां परिवहन लागत मैदानी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक आती है

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन का सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर राज्य के पक्ष को रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए राष्ट्रीय सदभावना भ्रमण राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सद्भावना भ्रमण करावाना सराहनीय पहल है इससे देश के सीमान्त क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी

ये सभी छात्र नागालैण्ड के अंगामी और जिमनेगम जनजाति समुदाय से थे इनमें अधिकतर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के बच्चे हैं

नरेश बंसल राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल ने देहरादून में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने देहरादून जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत डी श्रेणी में वर्गीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगामी मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये श्री बंसल ने बैठक में उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के विकासखण्डों में योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिये उन्होंने जनपद स्तर पर गठित टास्कफोर्स के अधिकारियों को एक रणनीति के तहत योजनाओं का निरीक्षण कर करने के निर्देश दिये सीएए समर्थन रैली अल्मोड़ा के चौखुटिया में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता रैली का आयोजन किया इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच पहुंचकर लोगों को सीएए के बारे में जानकारी दी इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र संगेला ने कहा कि सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी इसमें पड़ोस के तीन देशों में रह रहे पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है उन्होंने कहा कि कानून को लेकर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है जिस कारण देश का माहौल खराब हो रहा है

इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रामित लोगों की संख्या् चार हजार से अधिक हो गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने हा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी सतर्कता बरती जा रही है कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड में भी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जनपदों के मुख्य अस्पतालों में जरूरी इंतजाम पूरे करने की एडवायजरी जारी की है देहरादून में राज्य की स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कहा कि चीन और नेपाल की सीमा से लगते जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थय महानिदेशक ने लोगों से अपील की है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है

यदि दिक्कत बढ़ती है तो आगे जांच की जरूरत होती है इस बीमारी से बचने के लिए स्वच्छता रखें अपने हाथ साफ रखें भीड़ भाड़ में मुंह पर रुमाल रखें साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक आहार लें कोरोना वायरस चीन के हुवान शहर से कोरोना वायरस फैलने के बाद उत्तराखंड के नेपाल से लगी सीमा पर अलर्ट किया गया है चम्पावत जिले के टनकपुर बनबसा नेपाल से आने जाने वाले सभी रास्तों पर आने वाले हर यात्री का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है अपर जिलाधिकारी टी एस मर्तोलिया ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है उन्होंने लोगों से सफर में विशेष सावधानी बरतने जंक फूड से परहेज रखने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ साबुन या हैंडवॉश से अच्छी तरह साफ करने हैंड सेनिटाइजर हमेशा अपने पास रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साफ करने की अपील की उन्होंने कहा कि टनकपुर बनबसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर मेडिकल कैम्प स्थापित कर जांच शुरू कर दी गई है दूसरे देशों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है उनके जांच नमूने लैब भेजे जा रहे हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल रात से हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात से से ठंड बहुत बढ़ गई है पौड़ी उत्तरकाशी टिहरी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर पिथौरागढ़ जिलों की प्रमुख पहाड़ की चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है धनौल्टी में इस सीजन की आठवीं बर्फबारी हुई है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है बागेश्वर जिले के पिंडरघाटी के तमाम गांवों में सुबह से हिमपात शुरू हो गया हिमपात के कारण पहले से बंद सड़कों की खुलने की उम्मीद भी कम हो गई है खेतों में जलभराव होने से गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है हरी सब्जी फल आदि को भी व्यापाक नुकसान होने लगा है बारिश से कुछ सड़कें भी अवरुद्व हो गई हैं चमोली जिले में ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांड्केश्वर से आगे अवरुद्व हो गया है गोपेश्वर चोपता मोटरमार्ग भी बाधित है उधर पिथौरागढ़ जिले में थल मुनस्यारी मोटरमार्ग कालामुनि में अवरुद्व है ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात से परेशानी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश और बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं राजधानी देहरादून समेत पौड़ी चम्पावत बागेश्वर अल्मोड़ा टिहरी समेत अन्य जिलों में कल से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था जो आज भी जारी रहा

देहरादून टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की संभावना भी है

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल चमोली समेत कुछ अन्य जिलों में कल स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है विधिक शिविर हल्द्वानी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता बहुउददेशीय शिविर का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विधिक साक्षरता शिविर का लाभ उठाया शिविर में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इमरान मोहम्मद खान ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा प्रदेश मे संकल्प देवभूमि नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने उपस्थित लोगों से नशा करने वालों की जानकारी देने को कहा ताकि उनका मुफ्त में इलाज कराया जा सके श्री इमरान ने कहा कि सोशल मीडिया मे कोई ऐसी पोस्ट न करें जिससे किसी की धार्मिक आस्था को कोई ठेस पंहुचे शिविर में मजदूरों के विधिक अधिकारों के साथ ही महिला हेल्प लाइन बाल हेल्प लाइन पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय बोर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई दुर्घटनाएं प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए देहरादून जिले के कालसी चकराता मोटर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया